समिति में शामिल मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ने आंदोलन कर रहे गूर्जरों के बीच पहंचकर उनसे आंदोलन समाप्त करने की अपील की उन्होंने गूर्जरों से बातचीत के लिए अपना प्रतिनिधि सरकार के पास भेजने का आग्रह किया कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने कहा कि जब तक गुर्जरों को आरक्षण नहीं मिलेगा आंदोलन जारी रहेगा

इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुर्जरों से अपील की है कि आरक्षण की मांग को लेकर उन्हें रेल पेटरियों पर नहीं बैठना चाहिये श्री गहलोत ने एक ट्वीट में कहा कि उनकी मांगे संविधान में संशोधन से ही संभव है जिसके लिये उन्हें प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना चाहिए मुख्यमंत्री ने आन्दोलनकारियों से शांति की अपील की है आन्दोलन के कारण कई रेलगाडियां प्रभावित हुई जिनमें से करीब बीस गाडियों को बदले हुए मार्ग से चलाया जा रहा है वहीं पांच रेलगाडियो को फिलहाल रदद कर दिया गया है आन्दोलन के मददेनजर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क हैं और सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुख्ता इंतजाम किये गये

पुलिस प्रदेश के अन्य गुर्जर बहुत क्षेत्रों में गश्त भी कर रही है

आज नागौर में एक निजी शिक्षण संस्थान के कार्यकम में उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढाओ के संदेश से हर परिवार समाज में जागृति आई है उसी का परिणाम है कि आज बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ रही है

श्रम मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करके यह जानकारी दी है

इस योजना के तहत जुड़ने वाले कामगारों को बहत ही छोटी राशि हर महीने पेंशन योजना में जमा करनी होगी इतनी ही राशि का योगदान सरकार भी करेगी

उन्होंने कहा कि केवल एक पोस्टकार्ड पर दायर की गयी इस प्रकार की याचिकाओं पर सुनवाई करना उच्चतम न्यायालय और न्यायिक प्रक्रिया के आदर्शवाद को दर्शाता है राष्ट्रपति ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई से पुस्तक लॉ जस्टिस एंड जुडिशियल पावर जस्टिस पी एन भगवतीज अप्रोच प्राप्त करने के बाद ये विचार व्यक्त किए श्री कोविंद ने कहा कि जनहित याचिकाओं की परंपरा की अन्य लोकतांत्रिक देशों और कानूनी व्यवस्थाओं ने प्रशंसा की है उन्होंने कहा कि यही कारण है कि न्यायमूर्ति भगवती को भारत में जनहित याचिकाओं का जनक कहा जाता है

राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है

मतगणना मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद शुरू हो जायेगी

कल विभिन्न संस्थाओं घरों और मंन्दिरों में देवी सरस्वती की पूजा अर्चना की जायेगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वसंत पंचमी के पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है श्री गहलोत ने कहा कि जीवन में उत्साह उमंग और नई ऊर्जा का यह दिन विद्या और ज्ञान की देवी सरस्वती की आराधना को समर्पित है मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों का आहवान किया कि उन्हें सकारात्मक सोच के साथ प्रदेश को उन्नति की नई ऊंचाईयों पर ले जाने के लिए मिलजुल कर काम करना चाहिए

उन्होंने कहा कि स्कूलों में सुविधाएं बढने से बच्चों को लाभ हो रहा है

महाविद्यालय के प्राचार्य एन के व्यास ने पत्रकारों को बताया कि परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है

फिलहाल यह गाडी सप्ताह में तीन दिन चलाई जाएगी ये गाडी गंगानगर से हर मंगलवार गुरूवार और शनिवार को रात दस बजे रवाना होगी इसी तरह सीकर से ये गाडी हर बुधवार शुक्रवार और रविवार को चलेगी

इसके माध्यम से कलाकारों ने यातायात के नियमों का पालन करने का संदेश दिया

हादसे में तीन लोग घायल हो गए जिनका स्थानीय जवाहर अस्पताल में उपचार चल रहा है

पुलिस अधीक्षक ने आज एंटी रोमियो स्क्वाड को हरी झंडी दिखाकर शहर के लिए रवाना किया

बोर्ड के अध्यक्ष डॉबीएल जाटावत ने बताया कि यह परीक्षा जयपुर कोटा और अजमेर जिलों में होनी प्रस्तावित थी अपरिहार्य कारणों से बोर्ड ने उक्त दोनों परीक्षाओं को स्थगित करने का निर्णय लिया है

इस बीच हनुमानगढ़ जिले में बरसात और ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का सर्वे करवाने का कार्य प्रशासन स्तर पर शुरू कर दिया गया है